संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर इकतीस हजार छह सौ इक्यानवे हुई

प्रदेश में दस जिलों में बाढ़ की रिथिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है

सीतामढ़ी के बैरगनिया में सबसे अधिक एक सौ बीस मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर इकतीस हजार छह सौ इक्यानवे हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच में सोलह सौ पच्चीस नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पटना जिले में तीन सौ सात नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं नवादा में एक सौ तीस गया में एक सौ उन्नीस रोहतास में एक सौ पांच सारण में अंठानवे और भागलपुर में तिरासी मामले सामने आये हैं बक्सर से बासठ और जमूई से अंठावन नये मामलों की प्रष्टि हुई है इस महामारी से राज्य में लगभग इक्कीस हजार लोग ठीक हो चुके हैं वहीं साढ़े दस हजार लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर छियासठ दशमलव एक चार प्रतिशत हो गयी है शेखपुरा जिले में बरबीघा के अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षक को कोरोना संक्रमित पाया गया है इसके बाद बरबीघा के प्रखंड और अंचल कार्यालय को सील कर दिया गया है पूरे परिसर को सेनेटाइज किया जा रहा है इधर जिले में एक पत्रकार और उसके ग्यारह परिजन भी कोविड उन्नीस पॉजिटिव पाये गये हैं पटना में आईजीआईएमएस के दो डॉक्टर और चौदह स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित पाये गये हैं वहीं हवाई अड्डा के थानाध्यक्ष में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है इधर जिले में बड़ी संख्या में बैंककर्मियों में भी संक्रमण फैला है कई लोगों को संक्रमण होने के बाद फतुहा बिहटा और मनेर में तीन बैंक शाखाओं को सील कर दिया गया है वहीं पटना में काम्फेड डेयरी परिसर को इसके लेखा अधिकारी के संक्रमित पाये जाने के बाद तीन दिनों के लिये सील कर दिया गया है पटना में नगर निगम में निगम कर्मियों के लिये दो आइसोलेशन सेंटर बनाने का निर्णय किया है इसमें सौ बेड की व्यवस्था होगी औरंगाबाद जिले में दो निजी अस्पतालों में कोविड उन्नीस के इलाज की अनुमति दे दी गयी है इधर बेग्सराय जिले में कल से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैपिड एंटीजन से जांच की सुविधा शुरू हो जायेगी मुजफ्फरपुर जिले में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड उन्नीस की जांच के लिये दो बजे तक लोगों का निबंधन किया जायेगा उनकी जांच के लिये अलग काउंटर बनाये गये हैं जांच की रिपोर्ट शाम चार से छह बजे के बीच दी जायेगी जिले की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैपिड एंटीजन किट्स से जांच शुरू कर दी गयी है जदयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव की कोविड उन्नीस महामारी से आज मृत्यु हो गयी संक्रमण और सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें पहले गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था बाद में स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मृत्यु हो गयी इधर राज्य सरकार ने कहा है कि सभी जिलों में कोविड उन्नीस की त्वरित जांच की सुविधा के लिये एक लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स भेजे गये हैं मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड उन्नीस इलाज के लिये डेडिकेटेड बेड की संख्या आठ हजार से बढ़ाकर तेरह हजार की जायेगी वहीं पटना के ज्ञान भवन ऑडोटोरियम को कोविड केयर सेंटर में बदलने का निर्णय किया गया है यहां सौ बेड की व्यवस्था की जायेगी इसके अलावा पटना सिटी के गुरूगोविंद सिंह अस्पताल में कोविड केयर के लिये सौ बेड उपलब्ध रहेंगे इसके अलावा बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड उन्नीस की इलाज के लिये तीन सौ बेड बढ़ाया जायेगा मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कोविड इलाज के लिये पांच सौ बेड की व्यवस्था की जायेगी इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड उन्नीस की स्थिति की समीक्षा की श्री कुमार ने अधिकारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट का जांच परिणाम चौबीस घंटे के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कुल सात लाख बयासी हजार से अधिक लोग कोविड उन्नीस महामारी से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक बारह लाख अड़तीस हजार लोग संक्रमित हुए हैं वहीं उनतीस हजार आठ सौ इकसठ लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी क्मार चौबे ने कहा है कि बिहार को पच्चीस सौ ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर उपलब्ध कराये जायेंगे श्री चौबे ने कहा कि इस मशीन से ऑक्सीजन हृदय की गति और अन्य जरूरी जांच आसानी से की जा सकेगी इस मशीन को सिंगापुर से मंगाया गया है वरिष्ठ चिकित्सक अपर्णा अग्रवाल का कहना है कि किसी समुदाय में सामुहिक प्रतिरक्षण क्षमता विकसित होने के लिए यह जरूरी है कि करीब पैंतालीस प्रतिशत जनसंख्या संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हो

आज ही के दिन उन्नीस सौ सताईस में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के कोने कोने में लोगों को समाचार देने और उनका मनोरंजन करने का काम करता है

इसके बाद से लेकर आज तक आकाशवाणी को दुनिया के प्रमुख प्रसारण संगठनों में से एक होने का गौरव प्राप्त है आकाशवाणी का ही समाचार सेवा प्रमाग भारत और विदेशों में श्रोताओं को समाचार और नित नये विचारों से अवगत कराता रहा है आकाशवाणी प्रारंभ से ही जनता को सही सटीक और समुचित जानकारी देने शिक्षित करने और मनोरंजन के अद्वितीय स्रोत की भूमिका में अग्रसर रहा है

कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण के चलते बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अंतर्गत फौकानिया और मौलवी की कक्षाओं में इस बार ऑनलाईन नामांकन होगा मदरसों में नाम लिखवाने वाले छात्रों से कोई फीस नहीं ली जायेगी छात्र बीस अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं प्रदेश में दस जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं राज्य में पचपन प्रखंडों के दो सौ बयासी पंचायतों में लगभग आठ लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है वहीं ड्बने की अलग अलग घटनाओं में अब तक तीस लोगों की मृत्यु हो गयी है आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले में बाढ़ के कारण स्थिति सबसे अधिक खराब है जिले के ग्यारह प्रखंडों की इक्यासी पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं जबकि साढ़े तीन लाख की आबादी को बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है जिले में अंठानवे बाढ़ पंचायतों में सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है बागमती कमला और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण जिले में बाढ़ की रिथति गंभीर बनी हुई है वहीं खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिले में सात सात सीतामढ़ी में छह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं पूर्वी चंपारण जिले में कई नदियों के सुरक्षा बांध ट्रट जाने से बाढ़ की समस्या गंभीर हो गयी है यहां सिकरहना और तिलावे नदी के सुरक्षा बांध टूटने से कई स्थानों पर बाढ़ का पानी फैल गया है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश कम होने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में फिलहाल सुधार नहीं हुआ है गंडक नदी में उफान के कारण पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले के कई इलाके अब भी बाढ़ से घिरे हुए हैं पश्चिम चंपारण में कई स्थानों पर सुरक्षा बांध टूटने की घटनाएं हुई हैं आज मंझौलिया प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी पर बने जमींदारी सुरक्षा बांध के टूट जाने से जिले के बरवा सेमरा घाट के पास कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर बागमती और अधवारा समूह की नदियों के कारण सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी संख्या में लोगों को बाढ़ के कारण सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ा है कोसी नदी में उफान के कारण सुपौल और सहरसा के कई इलाकों में लोगों को बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण बाढ़ से फारबिसगंज पलासी और सिकटी प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जिले में बड़ी संख्या में सड़क मार्ग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं इधर बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिये गये हैं प्रभावित इलाकों में दस राहत शिविर और एक सौ चौंतीस सामुदायिक रसोई घर बनाये गये हैं वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये एनडीआरएफ की बीस टीम विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है प्रदेश में गंगा सोन घाघरा गंडक और ब्रढ़ी गंडक सहित अधिकतर प्रमूख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर पटना और मुंगेर में विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है पटना के गांधी घाट और हाथीदह तथा भागलपुर जिले के कहलगांव में नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है वहीं घाघरा नदी का जलस्तर सीवान जिले के दरौली में और गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान को पार कर गया है गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट में लाल निशान से एक मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं ब्रढ़ी गंडक का जलस्तर पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में तेजी से बढ़ा है महानंदा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है पूर्णिया और कटिहार में नदी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है वहीं बागमती और अधवरा समूह की नदियों का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है जबकि कोसी नदी सुपौल जिले के बसुआ खगड़िया के बलतारा और कटिहार जिले के कुरसेला में तेजी से बढ़ रही है कमला बलान नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकार्ड की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा गया से होकर गुजर रही है जिससे प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना है

वहीं वैशाली जिले के महुआ में एक सौ दस और पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा में अस्सी मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है लखीसराय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है जमुई जिले में वज्रपात की घटनाओं में दो लोगों की मृत्यु हो गयी भारी बारिश के दौरान जमुई जिले में ही दीवार गिरने की घटना में दो बच्चों सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गयी इधर मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान गया औरंगाबाद अरवल सहरसा मधेपुरा और पूर्णिया जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है आपदा प्रबंधन विभाग ने क्षेत्र के लोगों को वज्रपात की आशंका को देखते हुए खुले में नहीं निकलने की सलाह दी है नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे रघुवंश प्रसाद सिंह का आज औरंगाबाद में उनके आवास पर निधन हो गया वे सतहत्तर वर्ष के थे कांग्रेस के टिकट पर वे उन्नीस सौ अस्सी पचासी और उन्नीस सौ नब्बे में विधानसभा के लिये चुने गये थे उनके निधन पर जिले के सभी राजनीतिक दलों सांसद सुशील कुमार सिंह और विधायक वीरेन्द्र कुमार सिंह ने गहरा शोक जताया है मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्व मध्श्रावणी आज गौरीशंकर और नाग नागिन की पूजा के साथ सम्पन्न हो गया इस पर्व के पंद्रहवें दिन नवविवाहिताओं ने अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए पूजा अर्चना की

संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर इकतीस हजार छह सौ इक्यानवे हुई

प्रदेश में दस जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है

सीतामढ़ी के बैरगनिया में सबसे अधिक एक सौ बीस मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी